स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना से छूटे परिवारों के लिए प्रदेश में हिमकेयर योजना आरम्भ की गई है

प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है कीरतपुर मनाली फोरलेन परियोजना की जिलास्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक उपायुक्त मंडी ऋगवेद ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई उन्होंने मंडी के बनाला में पहाड़ी के कटान से उपजे भूस्खलन के खतरे के स्थाई समाधान के लिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि लापरवाही के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाही की जाएगी उपायुक्त ने फोरलेन प्रभावितों की समस्याओं व शिकायतों के समाधान के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं

प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी फरवरी के आखिरी सप्ताह में जयपुर में होने वाली राष्ट्रीय मास्टर बैडमिंटन चौंपियनशिप में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे प्रदेश में आज दिन की शुरूआत खिली धूप के साथ हुई है हालांकि पिछले कल राज्य के ऊंचे इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है बर्फबारी से कई सड़कों पर यातायात बाधित हुआ हिमपात के कारण कुफरी व नारकंडा बंद होने से ऊपरी शिमला के लिए वाया धामी वाहनों की आवाजाही की जा रही है उपनगर चक्कर के पास कल एक बड़े वाहन के फिसलन से शिमला मंडी नेशनल हाइवे बाधित रहा इसी तरह कुफरी में भी वाहनों की आवाजाही बाधित रही

अब सुर्खियां समाचार पत्रों से आज सभी समाचार पत्रों ने केन्द्रीय बजट से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक जागरण का शीर्षक है पर्यटन व बागवानी को मिलेगा आधार हिमाचल में हवाई सेवा का विस्तार होने की उम्मीद रेलगाड़ी में होगी सेब सहित अन्य उत्पादों की ढुलाई

पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचली किसानों के हाथ खाली न किसान सम्मान निधि बढ़ी न ही कृषि इनपुट पर मिला अनुदान

कोरोना वायरस से धर्मशाला मैकलोड़गंज में हाई अलर्ट अमर उजाला की एक खबर है

पंजाब केसरी की खबर है कांगड़ा के इंदौरा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सेना के जवान व पत्नी की मौत